व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी समेत देश भर में बाजार खुले रहेंगे और परिवहन सेवा जारी रहेगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कृ षि कानूनों के खिलाफ आज के भारत बंद का समर्थन करने के लिए विपक्षी दलों की कडी आलोचना की है

सीएम कृषि सुधार कानुन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नये कृषि सुधार कानूनों पर विपक्ष के विरोधी रवैये की आलोचना करते हुए इसे उनकी दोहरी राजनीति बताया है आज मंत्रालय में आकाशवाणी समाचार से चर्चा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नये कृषि कानून को लागू करने की बात कही थी अन्य विपक्षी दलों द्रविड मुनेत्र कडगम डीएमके आम आदमी पार्टी तृणमुल कांग्रेस द्वारा कृषि कानूनों के विरोध को उनका दोहरा चरित्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी दल समय समय पर कृषि सुधार कानूनों को लागू करने का समर्थन करते रहे हैं कांट्रेक्ट फार्मिंग के विषय पर श्री चौहान ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा उन्होंने कहा कि मंडियां खत्म नहीं होंगी और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देना जारी रहेगा

उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से समाज के गरीब और कमजोर वर्गो को मदद प्रदान भारत मोबाइल कांग्रेस के चौथे अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने आज कहा की गई कि मोबाइल तकनीक की मदद से लाखों भारतीयों को करोड़ों रुपये मूल्य के लेनदेन का लाम मिला प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने मोबाइल फोन के उत्पादन में बहुत सफलता हासिल की है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले तीन वर्षो में हर गांव में हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस बारे में योजना बनानी होगी कि हम आगामी प्रौद्योगिकी क्रांति का कैसे बेहतर इस्तेमाल करें उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य देखभाल बेहतर शिक्षा और किसानों और छोटे व्यवसाइयों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना कुछ ऐसे लक्ष्य हैं जिन्हें डिजिटल तकनीक की मदद से हासिल किया जा सकता है

सेना सेवा कोर मुख्य रूप से सेना वायुसेना नौ सेना और अन्य अर्ध सैनिक बलों के लिए विभिन्न चीजों की खरीद और वितरण का कार्य देखती है

बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार